प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी भागों में पिछले पांच दिनों के दौरान भारी वर्षा से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है कई स्थानों पर गंडक बूढ़ी गंडक बागमती और कोसी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है बाढ़ के पानी के फैलने से कई स्थानों पर डाइवर्जन ट्रटने से वाहनों का आवागमन बाधित हुआ है हमारे संवाददाता ने बताया कि सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर और रक्सौल सीतामढ़ी रेलखंडों में पटरियों पर पानी भरने के कारण रेल परिचालन स्थगित है इस मार्ग पर लंबी दूरी की कई ट्रेनों का परिचालन दूसरे स्टेशनों से होकर किया जा रहा है वहीं दरभंगा रक्सौल रेलखंड पर बैरगनिया के पास पटरी पर पानी चढ़ जाने के कारण दरभंगा से बैरगनिया के बीच ही ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है बागमती नदी में उफान के कारण मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड में पीपा पुल तेज धार में बह गया है इसके कारण लगभग दो लाख की आबादी का संपर्क मुजफ्फरपुर और आसपास के क्षेत्रों से कट गया है पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड के बेलवा घाट के पास जल भराव के कारण मोतिहारी शिवहर सड़क संपर्क भंग हो गया है वहीं ढाका प्रखंड के फ़लवरिया घाट पर लालबकेया नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि के बाद सड़क संपर्क भंग हो गया है बागमती नदी का पानी देवापुर और जिहुली के निचले इलाके में प्रवेश करने लगा है नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है जलस्तर में वृद्धि के कारण तटबंधों पर दबाव बना हुआ है सुरक्षा को लेकर सभी तटबंधों पर गृहरक्षकों की तैनाती की गई है जिलाधिकारी रमण कुमार ने सभी एसडीओ बीडीओ और अंचल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं अधिकारियों की टीम लगातार बांधों का निरीक्षण कर रही है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हई है सबसे अधिक छत्तीस सेंटीमीटर बारिश पूर्वी चंपारण जिले के लालबगिया घाट में दर्ज की गयी है मोतिहारी और मीनापुर में अठाईस अठाईस महाराजगंज और तैयबपुर में छब्बीस छब्बीस साहेबगंज में तेईस गोपालगंज में उन्नीस सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण शिवहर सिवान सहरसा किशनगंज कटिहार मध्र्बनी सीतामढ़ी सारण और गोपालगंज जिले में क्छ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है हमारे संवाददाता ने बताया कि पूर्वी चंपारण जिले में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए कल तक सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में पठन पाठन स्थगित रखने के निर्देश दिये गये हैं इधर दरभंगा और समस्तीपुर जिले के विभिन्न भागों में रात से ही भारी बारिश हो रही है शहर के कई निचले हिस्सों में जल जमाव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इधर सीतामढ़ी जिले के परसौनी थाना क्षेत्र के बेनीपुर गांव में तेज बारिश के कारण घर का छज्जा गिरने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गयी मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रदेश में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने नदियों के जलस्तर और बांधों की स्थिति पर अधिकारियों को निगरानी रखने का निर्देश दिया श्री कुमार ने जल संसाधन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के बीच किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए आपस में समन्वय बनाये रखने का भी निर्देश दिया समीक्षा बैठक में राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव अरूण कुमार सिंह और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे नालंदा जिले के नगरनौसा थाने की हाजत में जदयू के स्थानीय नेता गणेश रविदास की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में थानाध्यक्ष और दारोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है दोनों पुलिसकर्मियों को हिरासत में ले लिया गया है बताया जाता है कि गणेश रविदास को अपहरण के मामले में गिरफ्तार कर थाने में रखा गया था उसने थाने के शौचालय में फंदा लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली इसबीच घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में आक्रोशित ग्रामीणों ने नगरनौसा थाने का घेराव कर पथराव कर दिया पथराव में कई पुलिसकर्मियों को चोट आयी है वहीं पुलिस लाठीचार्ज के कारण कई ग्रामीण घायल हो गये गंभीर स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में आसपास से पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बतायी जाती है केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत दो चरणों में देश में बेरासी नये चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि योजना के पहले चरण में बीस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के अंठावन जिलों की पहचान कर ली गई है जिनका अनुमोदन केन्द्र सरकार ने कर दिया है स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को बताया कि दूसरे चरण के लिए आठ राज्यों में चौबीस चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे इनमें से सत्रह को मंजूरी भी दे दी गई है

लोकसभा ने रेल मंत्रालय के लिए दो हजार उन्नीस बीस की अनुदान मांगे पारित कर दी हैं अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए रेलमंत्री पीयूष गोयल ने सदन को आश्वासन दिया कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जायेगा रेलमंत्री ने कहा कि इस वर्ष रेल यात्री सुरक्षा के लिए सरकार ने पांच हजार छह सौ चालीस करोड़ रूपये आवंटित किए हैं जबकि दो हजार नौ में इस पर केवल दो हजार एक सौ करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था

यानि अंदाजन छह सौ किलोमीटर हर साल

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री व्रद्वजन पेंशन योजना से तीस लाख लोगों को लाभ मिलेगा श्री कुमार ने विधान सभा में कहा कि पिछले माह से ही इस योजना की शुरुआत हो गई है और करीब एक लाख लोगों को पेंशन मिलना भी शुरू हो गया है मुख्यमंत्री श्री कुमार ने राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी और अन्य सदस्यों के ध्यानाकर्षण के जवाब के दौरान हस्तक्षेप करते हुए सदन में यह जानकारी दी राज्य सरकार ने आज कहा कि राज्य में शिक्षकों को पहचान पत्र शीघ्र ही उपलब्ध करा दिया जायेगा विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि शिक्षकों को राज्य सरकार पहचान पत्र उपलब्ध कराएगी श्री मोदी ने कहा कि प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को निश्चित रूप से सरकार पहचान पत्र बनाने की दिशा में काम करेगी सरकारी कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार हो रहा है चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में आज जमानत दे दी है श्री प्रसाद को चाईबासा और दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत नहीं मिली है जिसके कारण उन्हें अभी जेल से रिहाई नहीं मिलेगी समस्तीपुर के सांसद रामचन्द्र पासवान को दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है श्री पासवान का कल से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा है सूत्रों ने बताया कि उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है इधर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और कई अन्य सांसदों ने अस्पताल में उनसे मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली